दस सितम्बर से शुरू होगा आरक्षण

अब कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के करवा सकते हैं कोरोना टेस्ट आज शिक्षक दिवस है महान शिक्षाविद शिक्षक दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ सैंतालीस शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए श्री कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये प्रस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें बाईट तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्यगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता है जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे वेटे वेटियों में डालते हैं शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि इसके कार्यान्वयन में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी

इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बलदावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे साथ ही शिक्षकों की स्वायत्ता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे राष्ट्रपति ने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रयासों के लिए अध्यापकों की सराहना की उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं हैं उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की इस अवसर पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियल निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से देश के उन सैंतालीस शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान किया बिहार से दो शिक्षकों सारण जिले के मध्य विद्यालय चैनपुर के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय करमौली के प्रधानाध्यापक संत कुमार सहनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया संत कुमार सहनी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद समाज के प्रति उनका दायित्व और बढ़ गया है

कोरोना संकट को देखते हये इस बार शिक्षकों को जिला पदाधिकारियों ने सम्मानित किया विद्यालयों महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के कारण इस बार शिक्षक दिवस पर किसी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं हुआ रेलवे इस महीने की बारह तारीख से अस्सी नई विशेष यात्री रेलगाडियों का परिचालन शुरू करेगा इनमें से पांच रेलगाड़ियां बिहार से खुलेंगी इनमें भागलपुर से दिल्ली जयनगर से दिल्ली मुजफ्फरपुर से बलसाढ़ छपरा से चेन्नई और दरभंगा से सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन शामिल हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि रेल यात्री इन नई ट्रेनों के लिए दस सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और रेलगाड़ियां बहुत जल्द शुरू की जाएंगी श्री यादव ने बताया कि परीक्षाओं और अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक हजार सात सौ सत्ताईस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ इकसठ हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से दो सौ बीस मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से एक सौ छब्बीस पूर्णियां से अंठानवे अररिया से तेरासी पूर्वी चम्पारण से तिहत्तर मधुबनी से सड़सठ सहरसा से चौंसठ और पश्चिम चम्पारण से अंठावन मामलों की पुष्टि हई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार नौ सौ पैंसठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ छिहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर अठासी प्रतिशत है वहीं एक दिन में नौ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ पचास हो गया है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या चालीस लाख के आंकड़े को पार कर गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पहली बार संक्रमण के छियासी हजार चार सौ बत्तीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की कुल संख्या चालीस लाख तेईस हजार एक सौ उनासी हो गयी है इसी अवधि में सत्तर हजार बहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या इकतीस लाख सात हजार दो सौ तेईस हो गयी है वहीं एक दिन में एक हजार नवासी लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर उनहत्तर हजार पांच सौ इकसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर दशमलव दो तीन प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड उन्नीस परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं इससे एक राज्य से दूसरे राज्य तथा विदेश का सफर करने वाले व्यक्तियों को आसानी होगी और उन लोगों को भी सुविधा होगी जो अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है केंद्र सरकार के सहयोग से मुजफ्फरपुर के पताही में बने विशेष कोविड अस्पताल में आज से मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया है पांच सौ बेड वाले इस अस्पताल को रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने तैयार किया है पीएम केयर्स फंड से अस्पताल को वेंटिलेटर सहित अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया गया है पटना के बाद केंद्रीय मदद से तैयार राज्य का यह दूसरा अस्थायी कोविड अस्पताल है इधर समस्तीपुर के दलसिंहसराय स्थित एएनएम स्कूल में पचास बेड वाला कोविड अस्पताल आज से शुरू हो गया है अस्पताल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने किया बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों की घोषणा कर दी है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है वहीं चुनाव प्रचार के लिए बनायी गयी समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होंगे मंगल पांडेय को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक और प्रेम कुमार को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में बैठक कर रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है बैठक में जदयू नेता विजय कूमार चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद हैं विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में श्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है राजद नेता ने बताया कि उनकी पार्टी ने बेरोजगारों के लिए एक पोर्टल और हेल्पलाईन नम्बर जारी किया है अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले पर श्री यादव ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है इधर जनता दल यूनाईटेड ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोपों पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य का चौतरफा विकास हुआ है पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले राजद को यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में बेरोजगारों की क्या स्थिति थी और कितने लोगों को रोजगार मिला अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने पर श्री कुमार ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर घटक दलों के बीच बातचीत जारी है और सभी दलों की सहमति से ही कोई अंतिम फैसला होगा विधानसभा चूनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गयी हैं हमारे अरवल संवाददाता ने बताया कि जिले में दिव्यांग और महिला मदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिले में स्त्री पुरूष मतदाता का अनुपात प्रति हजार नौ सौ सत्तर करने का लक्ष्य रखा गया है औरंगाबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं वहीं जिले में मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन भी शुरू हो गया है शेखपुरा जिले मे जीविका दीदियों द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली के साथ साथ मेंहदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया शिवहर जिले में दूसरे राज्यों से आये श्रमिकों और योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी इसके बाद एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की सम्भावना है बाईट मुंगेर जिले के शामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आठ नक्सलियों को उनके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक लिपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार कारतूस और विस्फोटक बरामद किये गये हैं पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों को पकड़ने गयी पुलिस और उग्र लोगों के बीच हुयी झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल हो गये मधुबनी जिले के तीन अलग अलग स्थानों पर ड्रबने की घटना में दो बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गयी पूर्वी चम्पारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली नोट के कारोबार से जुड़े पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है अरवल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी अभियान चलाकर देसी शराब बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध से जुड़े नियमों के बेहतर अनुपालन को देखते हुये जमुई को ध्रम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है

दस सितम्बर से शुरू होगा आरक्षण

अब कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के करवा सकते हैं कोरोना टेस्ट